पांच नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया

राज्य सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बत्तीस नगर पंचायत को नगर परिषद और पांच नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है सासाराम को नगर निगम बनाने का फैसला किया है जबकि मोतिहारी नगर परिषद को अब मोतिहारी नगर निगम बेतिया नगर परिषद को बेतिया नगर निगम मधुबनी नगर परिषद को मधुबनी नगर निगम और समस्तीपुर नगर परिषद को समस्तीपुर नगर निगम का दर्जा दिया गया है आठ नए नगर परिषद को भी मंजूरी दी गई है पटना के बिहटा को अब नगर परिषद का दर्जा दिया गया है साथ ही साथ संपतचक को भी नगर परिषद बनाया गया है इसके अलावा समस्तीपुर में ताजपुर और शाहपुर पटोरी नगर परिषद होंगे लखीसराय में सूर्यगढ़ा नगर परिषद और सुपौल में त्रिवेणीगंज को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है मधेपुरा के उदाकिशनगंज और बेगूसराय के बरौनी को भी नगर परिषद का दर्जा दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है जनता दल युनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक आज पटना में शुरू हो गयी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की यह पहली बैठक है बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के पार्टी डेलिगेट भाग ले रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के छह विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा राज्य सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इलाज में बाधा पहुंचाने वाले चिकित्सकों पर कानूनी कार्रवाई होगी काम नहीं तो वेतन नहीं के तहत जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड भी काटने के आदेश दिये गये हैं तेईस दिसंबर से पीएमसीएच सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं इसके चलते ओपीडी सेवा बाधित है और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है हड़ताल के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नौ मरीजों की जान चली गयी है पीएमसीएच में भी इलाज नहीं होने के कारण कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी सरकारी अस्पतालों से मरीज अब निजी अस्पताल जाने लगे हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तैंतालीस हजार नौ सौ पचासी हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात सौ तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार दो प्रतिशत है इसी अवधि में छह लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ उनासी हो गया है वहीं एक दिन में कोविड उन्नीस के चार सौ चौहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पचास हजार चार सौ पचास हो गयी है आज सबसे अधिक एक सौ छियानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुंगेर से अट्ठाईस और शिवहर से बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार पचासी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अुनसार पिछले चौबीस घंटों में बाईस हजार दो सौ लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या संतानवे लाख चालीस हजार से अधिक हो गई है वहीं देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख इक्यासी हजार छह सौ सड़सठ है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड उन्नीस के बाईस हजार दो सौ नये मामले सामने आने के बाद संक्रिमत की कुल संख्या एक करोड एक लाख उनहत्तर हजार हो गई है आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय ताल्लुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें

इसके कारण इंग्लैंड में केसेज बढ़ गए हैं परंतु घबराने की बात अमी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फैक्शन तो हो रहा है लेकिन हॉस्पिटल एडमीशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है हमें बचाव करते रहना है सावधान और सतर्क रहना है उसके ऐक्शन लिए जाने हैं लिए जा रहे हैं हम सब जनता को हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस बटालियन तैयार किया जायेगा पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है इस फैसले के बाद बिहार में अठारह साल की उम्र पार कर चुके चालीस हजार ट्रांसजेंडरों को इसका लाभ मिलेगा पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ट्रांसजेंडरों के लिए आवेदन में जगह नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या व्यवस्था की गयी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर दो हजार बीस प्रस्तुत कर रहा है कोविड उन्नीस महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में महामारी से लड़ रहा है भारत को डिजिटल राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट बाईट डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन के हरेक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों को बाधा रहित सेवाएं और शासन मुहैया कराया जा सके डिजिटल और तकनीकी समाधानों ने ना सिर्फ विकास के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया है बल्कि तकनीक को सरकार की सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना दिया है देश को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की हाई स्पीड इंटरनेट डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान समाधान और सुरक्षित साइबर स्पेस मुहैया कराकर डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जोर दिया गया आज ये सशक्त डिजिटल बुनियादी ढांचा लोगों तक सेवाएं सुविधाएं सामाजिक स्वास्थ्य और वित्तीय लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ई मेल पर भेजा जा सकता है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम साफ रहेगा और ध्रप खिली रहेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण अट्ठाईस दिसंबर से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी

इसके लिये पैंतीस जिलों में आठ सौ अठासी परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं परीक्षा एक ही पाली में दोपहर बारह बजे से होगी लगभग साढ़े चार लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं रेलवे परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुये आज से चार जोड़ी इंटरसिटी और तीन जोड़ी मेमू डेमू विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोविड उन्नीस से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां और समाजसेवी विमला प्रसाद का आज पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी के किराने सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया विमला प्रसाद के छोटे पुत्र संजीव शंकर ने अपनी मां को मुखाग्नि दी इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे अरवल जिले के कलैर थाना क्षेत्र के पहाड़पूर गांव के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से साढ़े सात हजार से अधिक विदेशी शराब की बोतल बरामद की गयी पुलिस ने चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित मूसापूर चौक के पास से पूलिस ने डेढ़ सौ लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के सिकटी सीमा के कुचहा के एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर लगभग पांच सौ बोतल नेपाली शराब बरामद किया है मूजफ्फरपूर शहर के कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पूलिस ने सत्तर कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है मधुबनी जिले के नाजिरपुर गांव में आज आठवीं मैथिली कथागोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है सुगंध मिथिला द्वारा आयोजित इस गोष्ठी का उद्घाटन भाषाविद् हरेकृष्ण झा हरि द्वारा किया गया इस कथागोष्ठी में धीरेन्द्र कुमार झा विष्णुकांत मिश्र अजित आजाद सहित मैथिली के अनेक कथाकार भाग ले रहे हैं सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी के हमले में एक महिला पुलिसकर्मी समेत तीन जवान घायल हो गये सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने उतरी दहियांवा टोला मुहल्ला में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान के दौरान शराब कारोबारियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया बेगूसराय जिले में पिछले दिनों आईडीबीआई बैंक लूटकांड मामले में पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया कैमूर जिला पुलिस ने पन्द्रह वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी छोटू राम को गिरफ्तार कर लिया है बेतिया पुलिस ने अवैध तरीके से तत्तकाल टिकट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले में सत्ताईस लाख से अधिक रूपये के राशि घोटाला करने के आरोप में मनरेगा के कार्यपालक अभियंता कनीय अभियंता और रोजगार सेवक समेत नौ कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है

पांच नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया

राज्य सरकार ने डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है